ग्यारह अप्रैल अट्ठारह अप्रैल तेईस अप्रैल उन्नीस अप्रैल छः मई बारह मई एवं उन्नीस मई को सात चरणों में मतदान होगा

तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार चुनाव संहिता लागू हो गयी है निवार्चन आयोग ने सभी राजनैतिक दलों से अपने उम्मीदवारों और नेताओं को चुनाव प्रचार के दौरान सुरक्षाकर्मियों की तस्वीरों का उपयोग न करने को कहा है आयोग ने दो हजार तेरह के अपने परामर्श का उल्लेख करते हुए कहा कि लोकतंत्र में सशस्त्र बल गैर राजनीतिक और निष्पक्ष होते हैं आयोग ने कहा कि राजनीतिक दल और उनके नेता सशस्त्र बलों का उल्लेख करते हुए पूरी साक्षानी बरतें देशभर में आज राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जा रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल शाम राष्ट्रपति भवन में बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर वर्ष दो हजार उन्नीस के पल्स पोलियो अभियान का श्भारंभ किया देश को पोलियो मुक्त बनाये रखने के लिए पांच साल से कम आयु के करीब सत्रह करोड़ बच्चों को पोलियो की दवा दिलाई जाएगी जौनपुर जिले में नवजात शिशु एवं बच्चों को पोलियो वैक्सीन की अतिरिक्त खुराक पिलाई गयी जिले में दस से पन्द्रह मार्च तक सघन पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान पूर्व चक्रों की भाँति चलाये जाने का निर्णय भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है गोण्डा जिले में आज छः दिवसीय टीकाकरण अभियान शुरू किया गया इस अवधि में गांव गांव जाकर स्वास्थ्य कार्यकर्ता पोलियो की खुराक के अलावा न्यूमोकॉकल काजूंगेट रोटावॉयरस और खसरा रूबेला के टीके लगायेंगे इसके अलावा पोलियो का सुई वाला टीका भी आया है और सरकार ने इसे भी लगाने के निर्देश दिए हैं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कोस्टा रिका में भारतीय समुदाय के लोगों से देश की विकास यात्रा का हिस्सा बनने का आह्वान किया है कोस्टा रिका में सैन होसे में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री नायडू ने कहा कि सभी मोर्चो पर असाधारण प्रगति हो रही है लेकिन सीमा पार के आतंकवाद से विकास की गति पर असर पड़ता है उन्होंने कहा कि आतंकवाद एक वैश्विक चुनौती है और इसके खिलाफ वैश्विक कार्रवाई की जरूरत है

जो बाईस मार्च तक चलेगा पोषण पखवारे के माध्यम से बच्चों तथा किशोरियों के स्वास्थ्य में सुधार होगा बचपन दिवस ममता दिवस अन्नप्राशन आदि दिवसों पर पोषण युक्त खाद्य पदार्थ दिये जा रहे हैं जिससे बच्चों और गर्मवती महिलाओं का मानसिक और शारीरिक विकास निरंतर होता रहे ताकि एक स्वाथ्य समाज का निर्माण हो सके उधर झांसी जिले के सभी आंगनबाड़ी उप केंद्रों पर किशोरी दिवस तथा पोषण पखवाड़े की शुरुआत हुई जो बाईस मार्च तक चलेगा इस पखवारे में किशोरियों को एनीमिया की जांच तथा पौष्टिक आहार के बारे में जानकारी दी जाएगी कल पहले दिन ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता तथा पोषण दिवस और क्पोषित तथा अति क्पोषित बच्चों का चयन किया गया मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि सभी का विवरण जन आंदोलन एप पर दर्ज होगा इस कार्यक्रम के तहत कुयोषित किशोरियों को चिहित कर उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा पखवारे में किशोरियों की ऊंचाई वजन का माप आशा और आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा दिया गया तथा एएनएम ने किशोरियों के खून की जांच की प्रदेश भर में कल राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया जौनपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह समझौते के आधार पर तीन हजार छः सौ इक्यानवे वाद निस्तारित किये गए इनमें दीवानी के सत्ताईस वाद राजस्व के छः सौ तीन वाद के साथ ही भरण पोषण के तैंतीस वादो का निस्तारण किया गया फिरोजाबाद में लोक अदालत में अठारह हजार से अधिक मुकदमें लगाये गये लोक अदालत में हजारों मुकदमें निस्तारित किये गये वहीं कई वर्षा से विछुडें हुए परिवारों को मिलाकर उनकी खुशियाँ लौटाई गयीं प्रदेश के विभिन्न जिलों में लोक अदालतों का आयोजन हुआ जिसमें समस्याओं का आपसी सुलह समझौते के आधार पर भी निपटारा हुआ बलरामपुर जिला में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा भारत नेपाल सीमावर्ती पिछड़े क्षेत्र में ऋण शिविर का आयोजन किया गया शिविर में किसानों को उनके आर्थिक विकास हेतु विभिन्न योजनाओं के लिये सर्व यूपी ग्रामीण बैंक तथा इलाहाबाद बैंक द्वारा सँयुक्त रूप से सहायता लोन का वितरण किया गया